अर्जुन मुंडा नई दिल्ली में प्रत्यिक्ष लाभा अंतरण डीबीटी छात्रवृत्ति पोर्टल और एनजीओ अनुदान पोर्टल लॉन्च करने के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे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 सीएम रुद्रप्रयाग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भांग कण्डाली की खेती और पिरूल से बिजली उत्पादन पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि विदेशों में कण्डाली की डिमांड है लिहाजा इस दिशा में काम कर प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग के ग्राम बेंजी में आयोजित श्रीमदभगवद् श्री शिव पुराण शतचण्डी यज्ञ में शामिल हुए यह आयोजन ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की प्रण्य स्मृति में किया गया था

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे उन्होंने कहा कि प्रदेश में देवस्थलों को सर्किट से जोड़ा जाएगा पहाड़ को कॉरपोरेट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे गांवों की आर्थिकी मजबूत होगी पर्यटन मंत्री मुलाकात प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात कर महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की सतपाल महाराज ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार की योजना स्मृति पर्यटन की अवधारणा के अन्तर्गत केदारनाथ में वर्चअल रियलिटी पर आधारित थीम पार्क वैज्ञानिक और वास्तविक मॉडलों से सजा हुआ एक संग्रहालय निर्मित करना है उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है इसके अलावा उन्होंने बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के दौरान लंबी लाइन में खड़े श्रद्धालुओं के लिए पेयजल शौचालय और ध्रप से बचने के लिए शेड की आवश्यकता पर कार्यवाही करने का अनुरोध भी केन्द्र सरकार से किया इस पर राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा गया है मक्के की खेती गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किसानों को मक्के की खेती को गर्मी वाले धान के विकल्प के रूप में अपनाने की सलाह दी है इसके लिए उत्तराखंड कृषि विभाग के सहयोग से जगह जगह गोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को प्रेरित किया जा रहा है दरअसल उधमसिंह नगर जिले में हो रही गर्मी वाले धान की खेती के चलते भू जल स्तर में गिरावट आ रही है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है इस समस्या का समाधान है मक्के की खेती पंत विश्वविद्यालय औरकृषि विभाग ने मक्के के बीज की उपलब्धता के और विपणन लिए कंपनियों और किसानों का करार कराया है इस सफल प्रयास के चलते किसान धीरे धीरे गर्मी वाले धान की खेती से हटकर मक्के की खेती को अपनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं इससे भू जल स्तर और मिट्टी के स्वास्थ्य को सीधा फायदा हो रहा है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख शिवन ने आज बंगलुरू में मीडिया को यह जानकारी दी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

हरिद्वार में सुबह तड़के से ही हरकी पैड़ी पर श्रद्दालु स्नान करने पहुंचे भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं हरकी पैड़ी के अलावा अन्य सभी घाटों पर भी भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने स्नान किया

वाहनों को मंगलौर से लक्सर भेजा जा रहा है उधर गंगा दशहरा पर गंगोत्री धाम में भी देव डोलियों और देश विदेश से आये हजारों श्रद्दालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई यातायात रूट सुझाव गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर्व पर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना मद्देनजर यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के सुझाव दिये गये हैं पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र अजय रौतेला ने बताया कि मेरठ दिल्ली और एनसीआर से आ रहे यात्री जिन्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाना है वे मुजफ्फरनगर मीरापुर बिजनौर होते हुए कोटद्वार से श्रीनगर मार्ग होते हुए जा सकते हैं मेरठ दिल्ली और एनसीआर से यमुनोत्री गंगोत्री जाने वाले यात्री मुजफ्फरनगर से देवबंद गागलहेड़ी मिर्जापुर विकासनगर यमुना ब्रिज डामटा होते हुए जा सकते हैं इसी तरह मेरठ दिल्ली और एनसीआर से मसूरी जा रहे यात्री मुजफ्फरनगर से देवबंद होते हुए मोहंड देहरादून से मसूरी जा सकते हैं चंडीगढ़ पंजाब से यमुनोत्री गंगोत्री जाने वाले यात्री पांवटा विकासनगर यमुना बिज डामटा का रूट ले सकते हैं चंडीगढ़ पंजाब से बद्रीनाथ केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री पांवटा विकासनगर देहरादून भानियावाला नटराज चौक से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि इन मार्गों के उपयोग से घंटों जाम से बचा जा सकता है

इस टीम को किसी भी प्रकार की सहयोग की जरूरत होने पर सहायता प्रदान किये जाने की रणनीति बनाने के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक की जिलाधिकारी ने पिण्डरी ग्लेशियर के निकटवर्ती हैलीपैड खाती की जांच किये जाने और तैयार रखने के निर्देश दिये हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति मैं हेलीपैड का उपयोग किया जा सके खाती में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की टीम के साथ साथ अन्य आवश्यक दवाइयों को उपलब्ध कराने को भी कहा गया है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक सैटेलाइट फोन फार्मासिस्ट की टीम को भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि टीम के साथ जिला प्रशासन का समन्वय बना रह सकें सीएम से भेंट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से नन्हीं दुनिया संस्था के बच्चों ने मुलाकात की

मुख्यमंत्री ने बच्चों को शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि अन्तराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में प्रतिभाग करने से बच्चों को देश और दुनिया की सांस्कृतिक विविधता से परिचित होने का अवसर मिलता है योग दिवस तैयारियां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए देहरादून में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं

इस मौके पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी योगाभ्यास किया दून योगपीठ के संस्थापक और योगाचार्य बिपिन जोशी लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं